बैठक में व्यापार निवेश रक्षा तथा सुरक्षा आतंकवाद से निपटने ऊर्जा सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया भारत और अमरीका ने तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं इनमें मानसिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा के बारे में समझौता ज्ञापन और एलएनजी के निर्यात के लिए एक्सन मोबिल तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच समझौता शामिल है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बीच बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने भारत अमरीका संबंधों को व्यापक वैश्विक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया है श्री मोदी ने कहा है कि चौबीस रोमियो हैलीकॉप्टरों की खरीद को भी अंतिम रूप दिया गया है श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ती रणनीतिक भागीदारी को दर्शाता है उन्होंने कहा कि दोनों देश नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए नई व्यवस्था बनाने पर सहमत हुए हैं इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी शुरूआती टिप्पणी में कहा कि वे अहमदाबाद में हुए भव्य स्वागत से बहुत सम्मानित अनुभव कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ये भारत अमरीका के संबंधों को नई ऊंचाइयो पर ले जायेंगे श्री मोदी ने अमरीका में व्यस्तता के बावजूद भारत यात्रा पर आने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया श्री ट्रम्प और श्रीमती मिलानिया ट्रम्प का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत किया गया इसके बाद उन्होंने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्वांजलि अर्पित की शाम को श्री ट्रंप राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे श्री कोविंद विशिष्ट अतिथि के सम्मान में रात्रि भोज भी देंगे सत्रहवीं शताब्दी की शानदार वास्तुकला के नायाब नमूने ताजमहल और मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा इसके निर्माण की कहानी ने अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को काफी प्रमावित किया है ताजमहल के दौरे के दौरान गाइड ने बताया कि श्री ट्रंप ने इसे देखने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में इसे अद्भुत बताया प्रदेश के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराये जाने के बाद उन पर यह कार्रवाई की गई है विधानसभा सचिवालय के ओर से आज इस बारे में अधिसूचना जारी की गयी सेंगर को उन्नाव की बांगरमऊ किघानसभा सीट से विधायक चुना गया था अधिसुचना के अनुसार सेंगर के अयोग्य ठहराये जाने के बाद यह सीट बीस दिसम्बर दो हजार उन्नीस से रिक्त मानी जायेगी इसी तारीख को दिल्ली की अदालत ने सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्ष अगस्त में सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया था

उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनने और उनके समयबद्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं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 जनता दर्शन में प्रदेश के हाथरस लखनऊ सीतापुर मऊ बांदा कानपुर समेत अन्य जनपदों के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे राष्ट्रीय समर स्मारक को बने आज एक वर्ष पूरा हो गया है इस अवसर पर आज सुबह प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद जवानों को श्रद्वासुमन अर्पित किये रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि यह स्मारक देश की सेवा में कर्तव्य निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर जवानों को श्रद्वांजलि है उन्होंने कहा कि देश हमेशा इन शहीदों के बलिदान का ऋणी रहेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष पच्चीस फरवरी को यह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन्तीस फरवरी को प्रस्तावित चित्रकूट दौरे की तैयारियां तेज हो गयी हैं जिलाधिकारी शेषमणि पांडे ने आज भरतकूप क्षेत्र के गोंडा गांव में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का औचक निरीक्षण किया उन्होंने मंच व्यवस्था हेलीपैड पेयजल सुविधा साफ सफाई जैसी सुविघाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जल्द से जल्द शेष कार्यों को पूरा कराने के निर्देश दिए जिलाधिकारी ने विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त करने के निर्देश दिए हैं प्रदेश के पूर्वी अंचलों में कल रात से रूक रूक हल्की से तेज वर्षा हो रही है गोरखपुर अयोध्या चंदौली वाराणसी गोण्डा में कही कहीं जलभराव होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है चंदौली कुशीनगर गोण्डा मऊ और देवरिया में ओलावृष्टि के भी समाचार हैं ओलावृष्टि से इन क्षेत्रों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस बारिश से सरसों मटर और आलू की फसलों को नुकसान की आशंका है उधर चंदौली के बलुआ थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से आज एक महिला की मौत हो गई